जिससे उन्हें योजनाओं के लाभ के लिए बार बार जानकारी नहीं देनी पडेगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल भोपाल में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया

इनका लाभ लेने के लिए हितग्राहियों का अलग अलग पंजीयन किया जाता है इससे एक ओर सरकारी मशीनरी का काफी समय खर्च होता है वहीं नागरिकों बार बार जानकारी उपलब्ध करानी पड़ती है

कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना की स्थिति में निरन्तर कमी आ रही है

कल भोपाल में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई

खंडवा जिले में डॉक्टर और नर्स स्टाफ की मेहनत से संक्रमित मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में ही इन अध्यादेशों को मंजूरी दी थी कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि इस अध्यादेश के लागू होने से किसानों को जहां कृषि के विकास में मदद मिलेगी वहीं उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए और अधिक स्वतंत्रता मिलेगी कंपनियां किसानों के घर और खेत जाकर भी उपज खरीद सकेंगी इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा गेहूं नुकसान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बारिश के चलते उपार्जन केन्द्रों पर गेहूं भीग जाने से किसान चिंतित न हो भीगे हए गेहूं को सूखाकर उसका भण्डारण किया जायेगा श्री चौहान ने अधिकारियों के साथ के एक बैठक में उपार्जन कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि बारिश के कारण जिन पंजीकृत किसानों का गेहूं नहीं बिक पाया है उनका गेहूं भी खरीदा जायेगा

इस गेहूं को सुखाने के बाद जल्द ही इसका भण्डारण किया जायेगा

इसके तहत प्रदेश में पार्टी के प्रमुख नेता आज से दस जून तक वीडियों कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रमुद्वजनों से चर्चा करेंगे

लॉकडाउन खुलने और केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही रियायतों के मद्देनजर आयोग ने परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं की संशोधित सुची जारी करने का फैसला किया है यूपीएससी परीक्षाओं के संशोधित कैलेंडर का विवरण आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है मौसम चक्रवाती तूफान निसर्ग के कारण प्रदेश में हई बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिर्लो में तापमान में गिरावट आई है